यह अभियान स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से प्रदेशभर में चलाया जा रहा है

इस अभियान का उद्देश्य पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होन वाली बीमारियों की जांच कर उनका निदान किया जाना है जिससे बाल मृत्यु दर में कमी आ सके शासन द्वारा स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं के विस्तार के लिये साक्ष्य आधारित रणनीति पर विशेष बल दिया गया है

ग्रीष्मकालीन मूंग की दर कृषि उपज मंडियों में पिछले एक महीने की औसत दरों के आधार पर तय की गई है ग्रीष्मकालीन उड़द के लिये प्रोत्साहन राशि बिक्री अवधि के दौरान या बाद में निर्घारित की जायेगी

मानवाधिकार आयोग राज्य मानवाधिकार आयोग ने सतना जिले में चार साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले को गंभीर और अमानवीय मानते हुए प्रशासन से जवाब मांगा है आयोग ने जिले के गांव पन्ना में हुए इस मामले में पुलिस अधीक्षक से प्रतिवेदन तलब किया है वहीं आयोग ने बैतूल में सौतेले पिता द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में भी संज्ञान लिया है आयोग ने पुलिस अधीक्षक बैतूल से पन्द्रह दिन में जबाव मांगा है अभ्यावेदन खारिज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने आदेश के बावजूद भी लोक शिक्षण आयुक्त द्वारा एक प्राचार्य के दावे को खारिज किये जाने को गंभीरता से लेते हुए अवमानना नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं न्यायाधीश सुजय पॉल ने कल इस मामले में सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा है कि सरकार पारित आदेश के परिपालन के लिए दो महीने का समय प्रदान करने का आवेदन दायर कर रही है वहीं दूसरी ओर आयुक्त लोक शिक्षण ने पहले ही याचिकाकर्ता के दावे को खारिज कर दिया है एकलपीठ ने मामले को संज्ञान में लेते हए आयुक्त लोक शिक्षक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी करने के निर्देश दिये है

कुपोषण श्योपुर जिले के एक गांव पहुंची स्वास्थ्य टीम को तीन बच्चें अतिकुपोषित मिले हैं विजयपूर तहसील के झार बड़ोदा गांव में दस दिन में चार बच्चों की मौत की खबर मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कल वहां पहुंची थी

गांव में टीम ने तीन बच्चों की बुखार से मौत होने की पुष्टि की है तीन बच्चे अतिकुपोषित हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है गाँव में अन्य बीमार लोगों का भी बुखार का इलाज किया जा रहा है मौसम प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा हो रही है अगामी चौबीस घंटों के दौरान मौसम विभाग ने जबलपुर शहडोल सागर छतरपुर दमोह विदिशा रायसेन गुना अशोकनगर श्योपुर कलां होशंगाबाद उज्जैन सीहोर ग्वालियर और राजगढ़ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है इसके अलावा इंदौर और रीवा संभागों में बारिश कही हो सकती है

जिसमें लंबित प्रकरणों का निराकरण करवाने की कोशिश की जायेगी